प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत के लोगों को आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करने की अपील भी की

मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंचायती राज दिवस पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल् और मोबाइल एप्प जारी की इन पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों की विकास योजनायें तैयार की जा सकती है उन्होंने कहा कि यह पोर्टल सही समय निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटीकरण के लिए एक बड़ा कदम है छ राज्यों में ड्रोन और सर्वेक्षण के नये तरीकों से ग्रामीण आबादी की मैपिंग के लिए आज़मायशी तौर पर स्वामित्व नाम की एक योजना श्रू की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजनाबंदी राजस्व एकत्रित करने और ग्रामीण इलाकों में सम्पदा अधिकारियों बारे स्पस्ष्टता स्निश्चित करेगी इस योजना के माध्यम से जायदाद सम्बधी झगड़ों का निपटान भी किया जायेगा प्रधानमंत्री ने अपनी विचार चर्चा के दौरान देशभर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की उन्होंने कहा कि पंचायतों की प्रगति लोकतंत्र और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करेगी

श्री मोदी ने ग्राम स्वाराज पर आधारित महात्मा गांधी के स्वराज के संकल्प को याद किया और शास्त्रों का हवाला देते हये लोगों को याद दिलाया कि समूची ताकत का स्त्रोत एकता है प्रधानमंत्री ने ग्मराहक्न सूचना खिलाफ चेतावती भी दी क्योंकि ये इस संकट की स्थिति में निपटने में एक रूकावत बनती है उन्होंने सभी सरपंचों को रूकावत को लोगों तक कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम बारे सही जानकारी पहंचाने को भी कहा पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंचायतों से वीडिया काफ्रेस के माध्यम से की गई बातचीत को हरियाणा के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने गांव से सूना पंचकूला के गांव ककराली के सरपंच किशन लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा पंचायतों को आत्म निर्भर बनने के आहवान पर अमल किया जायेगा उन्होंने कहा कि वे गांव में गेहूं व जीरी के अतिरिक्त सब्जी की पैदावार भी करवायेंगे ताकि परिवारों की आय बढ़ सके उन्होंने कहा कि गांव में पश् पालन भी होता है इसलिए वे लोगों को दूध से ज्ड़े अन्य उत्पाद बनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि ऐसे जिलों में वृद्वि हो रही है जहां पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आ रहा

गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने किसानों को बिना भीड़ी के अधिक खरीद केन्द्र बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की स्विधा दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी व दूरदर्शन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम के प्रसारण के त्रंत बाद यह कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषा में इसका प्न प्रसारण रात आठ बजे किया जायेगा हरियाणा की सहकारी व निजी चीनी मिलों में इस सीज़न में पिछले सीज़न के मुकाबले चीनी की रिकवरी में वृद्वि दर्ज की गई है

हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी जिला प्लिस प्रम्खों को वर्तमान रबी सीज़न के दौरान सभी अनाज मंडियों व खरीद केन्द्रों पर पड़ोसी राज्यों से गेहूं व सरसों की आवक पर रोक लगाने के निर्देश दिये है प्लिस महानिदेशक ने कहा है कि पडोसी राजयों विशेषकर उत्तरप्रदेश राजस्थान और पंजाब के साथ लगती सभी सीमाओं पर नाकों पर मज़बूत किया जाये काबिले गौर है कि हरियाणा में किसानों को उनके पंजीकृत नंबरों पर संदेश भैजकर अपनी उपज मंडियों में लाने को कहा जा रहा है और पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की मंडियों में फसल लाने की अनुमति न देने का फैसला लिया गया है फतेहाबाद जिले में स्वयं सहायता समृह की महिलाओं ने प्राने बस अड्डे के नज़दीक और लाल बती चौक पर मास्क बिक्री केन्द्र खोला है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में श्रू किये गये इन केन्द्रों का आज प्लिस अधीक्षक राजेश क्मार व एसडीएम संजय बिशनोई ने उदघाटन किया इस मौके पर प्लिस अधीक्षक ने मीडिया कर्मियों को बताया कि जिले में स्वंय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बिना कोई लाभ कमाये और न्कसान उठाये मास्क की बिक्री की जा रही है

इसके मद्देनज़र नागरिकों की स्विधा के लिए रतिया टोहाना व फेतेहाबाद मे विभिन्न स्थानों पर ये मास्क बिक्री केन्द्र खोले जा रहे है

झज्जर से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्लोधा गांव के एक प्लिस वाले के दिल्ली में पोजिटिव पाये जाने के बाद इसे कनटोनमेंट ज़ाने घोषित किया गया है कल रमज़ान का पाक महीना शुय हो रहा है इसको ध्यान के रखते ह्ये करनाल के प्लिस अधीक्षक स्रेन्द्र सिंह औरिया ने जिले के मुस्लिम धर्म ग्रूओं के साथ गोष्ठी की जिसमें मौलाना तोसब्वर ह्सैन शौकीन राणा व जाकिर ह्सैन आदि मुस्लिम धर्म गुरू मौजूद रहे

लघ् फिल्म महिला सश्क्तिकरण और देश में महिलाओं की स्रक्षा के विषय पर आधारित है